हर की पौढ़ी पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन की रस्म में श्री वाजपेयी के परिजनों के अलावा अन्य नेता भी उपस्थित थे हमारे संवाददाता ने बताया कि हर की पौड़ी के लिए अस्थि कलश यात्रा आज पूर्वाह शुरू हुई अस्थि कलश यात्रा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी के परिजनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे हर की पौड़ी पर विद्वानों और ब्राह्मणों ने सनातनी परम्पराओं के अनुरूप मंत्रोच्चार के बीच अस्थियों का विसर्जन कराया उधर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा स्थगित कर दी गई है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने आकाशवाणी को बताया कि अब अस्थि कलश इक्कीस अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे इसके बाद प्रदेश के पचहत्तर जिलों की नदियों में अस्थियों के विसर्जन के लिए कलश यात्रा शुरू होगी पहले दिवंगत नेता के अस्थि कलशों को आज लखनऊ ले आने का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिये कि त्यौहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये जाए उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा बकरीद एवं अन्य त्यौहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के साथ साथ कानून व्यवस्था के सम्बद्ध में अधिकारी हर स्तर पर सतर्क रहें श्री योगी ने ईद के मददेनजर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करने तथा हर स्तर पर त्यौहार को शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंद रखने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि परम्परा के विपरीत किसी भी कार्य को किये जाने की मंजूरी न दी जाए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ईद उल अजहा के अवसर पर नमाज के समय मंदिरों में पूजा अर्चना के समय सतर्क दृष्टि रखी जाए उन्होंने अधिकारियों को ईद उल अजहा के दौरान पूर्व में हुयी घटनाओं की समीक्षा किये जाने के भी निर्देश देते हुये कहा कि असामाजिक तत्वों के विरूद्व निरोधात्मक कार्रवायी सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि इस अवसर पर साफ सफाई के विशेष प्रबंध और निर्वाघ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाल संरक्षण गृह महिला संरक्षण गृह आदि का नियमानुसार निरन्तर निरीक्षण करें उन्होंने कहा कि सभी स्तर के अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन प्राथमिकता के आधार पर करें विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज ने आज मॉरिशस के पोर्टलुई में ग्यारहवें विश्व हिन्दी सम्मेलन के दौरान पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के दूसरे दिन आज भाषा और संस्कृति से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया जा रहा है फिल्मों की हिन्दी के प्रचार प्रसार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है प्रसिद्ध हिन्दी गीतकार पटकथा लेखक और कवि प्रसून जोशी फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संस्कृति का संस्कृति विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता कर रहे है इसके साथ ही संचार माध्यम और भारतीय संस्कृति प्रवासी जगत भाषा और संस्कृति तथा हिन्दी बाल साहित्य और भारतीय संस्कृति विषयों पर गहन मंथन किया जा रहा है

इसके अलावा तकनीक के भविष्य विषय पर एक विवार गोष्ठी भी आयोजित की गई शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा राजकुमार आकाशवाणी समाचार पोर्ट लुई मॉरिशस प्रदेश सरकार ने सिद्वार्थनगर जिले के तीन तहसील मुख्यालय इटवा बांसी और शोहरतगढ़ में फायर स्टेशन बनाने की स्वीकृति प्रदान की है सरकारी सूत्रों ने बताया कि इटवा और बांसी तहसील मुख्यालयों पर फायर स्टेशन के निर्माण के लिये जमीन मिल चुकी है जबकि शोहरतगढ़ तहसील मुख्यालय पर जमीन की तलाश की जा रही है इन स्टेशनों के बन जाने से आपातकाल एवं गर्मी के समय में ग्रामीणों को विशेष लाभ मिलेगा जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के इकतालिस खिलाड़ियों और दस टीम कोच प्रबंधकों को आगामी उन्तीस अगस्त को राज्यपाल राम नाईक द्वारा सम्मानित किया जाएगा कुलपति डॉक्टर राजाराम यादव ने बताया कि सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों ने अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया हैं प्रदेश में बाढ़ की स्थिति ज्यों कि त्यों बनी हुयी है हालांकि कुछ स्थानों पर नदियों में पानी घटने लगा है लेकिन अभी भी कई जिलों में तटवर्ती स्थानों पर बसे लाखों लोग बाढ़ से घिरे हुये हैं बस्ती जिले में सरयू नदी में बाढ़ के कारण हरैया तहसील के पचास से अधिक गांव प्रभावित हैं वहां नदी खतरे के निशान से पचपन सेंटीमीटर ऊपर बह रही है फिलहाल नदी स्थिर है लेकिन कटान और बाढ़ से फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है गोण्डा जिले की घाघरा नदी खतरे के निशान से साठ सेंटीमीटर ऊपर वह रही है जिले के करनैलगंज और तरबगंज तहसील के तीन सौ पचास से अधिक गांव की एक लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है